केन्द्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गोड़ा को लिखे पत्र में जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल ने बल्क ड्रग्स और जैनरिक दवाइयों के उत्पादन में देश सहित विदेशों में व्यापक स्तर पर अपनी पकड़ बनाई है उन्होंने कहा है कि प्रदेश में संचालित औद्योगिक इकाइयों ने भी सोलन जिले के फार्मा हब बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र में बल्क ड्रक पार्क स्थापित करने की रूचि दिखाई है रेल सेवा प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचल के लोगों को वापिस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है

रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उपायुक्त संदीप कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों ने इन लोगों का स्वागत किया बाद में सोशल डिसटेन्सिंग का पालन करते हुए लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से संबंधित जिलों के लिये भेजा गया

उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि हिमाचल में फंसे पश्चिम बंगाल के लोगों को लेकर एक विशेष रेल गाड़ी कल हावड़ा के लिए रवाना होगी

पिछले कल एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के दस नए मामले सामने आए हैं

कोरोना संक्रमण से अभी तक प्रदेश में तीन लोगों की मृत्यु हो चुकी है

मनाली लेह मार्ग समरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग कल छोटे वाहनों के लिये बहाल कर दिया गया है सर्दियों के दौरान करीब छह माह तक ये मार्ग बर्फबारी के कारण बंद रहता है इस मार्ग के खुलने से अब लेह लद्दाख मनाली से जुड़ गया है

प्रधानमंत्री ने इस कडी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के मामले को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल में एक दिन में कोरोना पॉजिटिव के रिकॉर्ड दस मामले

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल में कोरोना के रिकॉर्ड दस मामले हिमाचल दस्तक ने लिखा है एक ही दिन में दस केस हमीरपुर में एक साथ पांच हिमाचल में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू शीर्षक से आपका फैसला ने लिखा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी योजना का किया आगाज़

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है हिमाचल प्रदेश में फिलहाल नहीं चलेगी सार्वजनिक परिवहन सेवा दैनिक भास्कर ने लिखा है बसें नहीं चलेंगी दुकानों को पहले जितनी छूट वहीं हिमाचल दस्तक का शीर्षक है न बसें चलेंगी न ही कर्फ्यू में ढील बढ़ेगी अभिभावकों को ट्यूशन फीस के साथ भरने पड़ेंगे एनुअल चार्ज दिव्य हिमाचल की खबर है हिमाचल दस्तक ने लिखा है क्वारंटीन सेंटर में महिला की मौत नेगेटिव आई कोरोना रिपोर्ट सेनेटाइजर खरीद मामले पर पंजाब का शीर्षक है विजिलेंस ने सचिवालय से सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली सरकारी मुलाजिमों की भूमिका संदेह के घेरे में